इलाहाबाद उच्च न्यायालय के नवनिर्मित एनेक्स के उद्घाटन अवसर पर उन्होंने कहा कि न्यायपालिका जल्द और निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित कर ऐसा कर सकती है श्री नायडु ने कहा कि साइबर अपराधों ने न्यायशास्त्र के लिए नई चुनौतियां पैदा की हैं श्री नायडू ने कहा कि न्यायालयों ने साइबर अपराधों के खतरे को महसूस किया है और इनसे निपटने के लिए अपने को तैयार किया है बड़ी संख्या में लंबित मामलों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि लोक अदालतों ग्राम न्यायालयों और त्वरित न्यायालयों जैसे नये विकल्पों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए

पंचायती राज मंत्री राजेन्द्र राठौंड की अध्यक्षता में आयोजित हुई इस बैठक में चुनाव घोषणा पत्र में शामिल किये जाने वाली विभिन्न मुद्दो पर चर्चा की गई बैठक में केन्द्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल गृह मंत्री गुलाबचन्द कटारिया भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अरूण चतुर्वेदी सहित समिति के अन्य सदस्यों ने भाग लिया बैठक के बाद श्री राठौड ने बताया कि समाज के सभी वर्गो से चर्चा करने के बाद समिति अगले दो सप्ताह में घोषणा पत्र का मसौदा तैयार कर लेगी

बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुंधाशु त्रिवेदी मीडिया समिति के प्रमुख विमल कटियार शहर प्रमुख नीरज जैन सहित प्रदेश भाजपा के प्रवक्ताओं सहित पैनलिस्टों ने भाग लिया

जयपुर जिला निर्वाचन अधिकारी सिद्धार्थ महाजन ने बताया कि सरकारी विश्राम गृहों में राजनैतिक हस्तियों को आवास और भोजन की सुविधा उपलब्ध रहेगी लेकिन विश्राम गृहों से राजनैतिक गतिविधियों का संचालन नहीं किया जा सकेगा

शहर में शास्त्री नगर के बाद सिंधी कैंप इलाके में भी जीका रोगी सामने आने के बाद सर्वे और लार्वा रोधी गतिविधियां शुरू कर दी गई है न्यू सांगानेर रोड विद्याधर नगर और कुछ अन्य स्थानों पर भी जीका मरीजों की पुष्टि हुई है

इस बीच प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सचिन पायलट ने राजधानी जयपुर में जीका वाइरस के बढ़ते प्रकोप पर चिंता जतायी है उन्होंने कहा कि यह चिकित्सा विमाग की लापरवाही का परिणाम है

जिसमें स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव वीनू गुप्ता जीका वायरस संक्रमण की प्रभावी रोकथाम के लिए किए जा रहे उपायो पर जनता से सीधी बातचीत करेगी

विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने यह जानकारी देते हुए बताया कि एशिया पेसिफिक श्रेणी में ये चुनाव तीन साल के लिए किया गया है

शिक्षा विभाग ने यह जानकारी देते हुए बताया कि सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों के नामांकन में बढोतरी हो सके इसके लिए समी सरकारी स्कूलों के संस्था प्रधानों को व्यापक प्रचार प्रसार के लिए टिवटर एकाउंट शुरू करने के आदेश दिए गए हैं विमाग की ओर से पहली बार की जा रही इस पहल में स्कूल में होने वाली गतिविधियां और उपलब्ध सुविधाओं के साथ शिक्षकों के नाम और विद्यार्थियों की संख्या तथा अन्य जानकारियां भी अपलोड की जाएंगी

आज सुबह खेराड पुल के पास टैंकर और कार मे टक्कर हो गई

हादसे का शिकार हुए लोग पिकनिक मनाने जा रहे थे

इसके बिना किसानों का पंजीकरण मान्य नहीं होगा यह पंजीकरण किसी भी ई मित्र या खरीद केन्द्र पर करवाया जा सकता है

हनुमानगढ़ जिले में राजफैड की ओर से बनाए गए खरीद केन्द्रों पर मूंग की समर्थन मूल्य पर खरीद शुरू हो गई है सहकारी समितियां उप रजिस्ट्रार श्री अमीलाल सहारण ने बताया कि जिले में राजफैड की ओर से हनुमानगढ़ जिले में मूंग के लिए आठ खरीद केन्द्र बनाए गए हैं जिनमें हनुमानगढ़ जंक्शन हनुमानगढ़ टाउनसंगरिया पीलीबंगा गोलूवाला रावतसर नोहर और भादरा शामिल है

वे लम्बे समय से बीमार थीं बांबा अल्लाउद्दीन खानकी पुत्री और शिष्या अन्नपूर्णा देवी हिन्दुस्तानी शास्त्रीय संगीत की श्रेष्ठ सुरबहार वादक थी

पुलिस मामले की जांच कर रही है